इन मंत्रियों को मंगलवार को शपथ दिलाई गई थी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग जनसम्पर्क विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग विमानन विभाग लोक सेवा प्रबंधन विभाग अप्रवासी भारतीय विभाग तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग और अन्य विभाग जो किसी को आवंटित नहीं किये गये हैं अपने पास रखे हैं डॉ विजय लक्ष्मी साधो को संस्कृति चिकित्सा शिक्षा और आयूष विभाग का दायित्व सौंपा गया है सज्जन सिंह वर्मा को लोक निर्माण तथा पर्यावरण विभाग आवंटित किये गये है बाला बच्चन को गृह और जेल विभाग जबकि तरूण भानोट को वित्त विभाग दिया गया है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री बनाया गया है हुकुम सिंह कराड़ा जल संसाधन विभाग का दायित्व सम्भालेंगे डॉ गोविन्द सिंह को सहकारिता विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है आरिफ अकील को भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग आवंटित किये गये है ब्रजेन्द्र सिंह राठौर को वाणिज्य कर विभाग सौंपा गया है प्रदीप जायसवाल को खनिज साधन विभाग आवंटित किया गया है लाखन सिंह यादव पश्पालन मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग का दायित्व सम्भालेंगे तुलसी सिलावट लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बनाये गये है गोविन्द सिंह राजपूत राजस्व तथा परिवहन विभाग का दायित्व सम्भालेंगे इमरती देवी को महिला एवं बाल विकास विभाग आवंटित किया गया है ओमकार सिंह मरकाम जनजातीय कार्य विभाग विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्वघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग मंत्री होंगे प्रभुराम चौधरी स्कूल शिक्षा मंत्री बनाये गये है प्रियव्रत सिंह को ऊर्जा विभाग आवंटित किया गया है सुखदेव पांसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मंत्री होंगे उमंग सिंघार वन मंत्री बनाये गये है हर्ष यादव को क्टीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा नवीन एवं ऊर्जा विभाग आवंटित किया गया है जीतू पटवारी को खेल एवं युवा कल्याण तथा उच्च शिक्षा विभाग को दायित्व सौंपा गया है कमलेश्वर पटेल पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री बनाये गये है लखन घनघोरिया सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग तथा अनुसूचित जाति कल्याण का दायित्व सम्भालेंगे महेन्द्र सिंह सिसोदिया श्रम मंत्री होंगे पीसी शर्मा विधि एवं विधायी कार्य विभाग के मंत्री बनाये गये है प्रद्यूमन सिंह तोमर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री होंगे सचिन सुभाष यादव को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग और उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का दायित्व सौंपा गया है सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल को नर्मदा घाटी विकास विभाग तथा पर्यटन विभाग आवंटित किये गये है

कार्यक्रम के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात आठ बजे फिर सुना जा सकेगा मौसम प्रदेश में शीतलहर का दौर जारी है कल राज्य में अधिकतर स्थानों पर रात के तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई बैतूल खजुराहो और पचमढ़ी में पारा एक डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने से कई स्थानों पर बर्फ की हल्की परत जम गयी मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल के अनुसार पूरा प्रदेश कड़कडाती ठंड की चपेट में है

पूरे प्रदेश में शीतलहर का प्रभाव बरकरार रहेगा और कुछ स्थानों पर अति तीव्र ठंड के हालात बन सकते हैं इसमें हालांकि नए वर्ष में हल्की राहत मिलने की उम्मीद है राजधानी भोपाल तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में ठंड ने अपना असर दिखाया है यहां नगर निगम द्वारा ठंड से बचने के लिए जगह जगह अलाव की व्यवस्था की गयी है